अगला टीकाकरण सोमवार को होगा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

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज कोलकाता में पराक्रम दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे

प्रधानमंत्री कोलकाता में राष्ट्रीय पुस्तकालय और विक्टोरिया मेमोरियल में दो समारोहों की अध्यक्षता करेंगे कोलकाता पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नेशनल लाइब्रेरी में कलाकार दीर्घा का अवलोकन करेंगे इसके बाद वे नेताजी पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में समापन संबोधन देंगे इस वर्चुअल सेमिनार में अमरीका जर्मनी म्यानमां थाईलैंड और बांग्लांदेश के अंतरराष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त विद्वान और शोधार्थी हिस्सा लेंगे श्री मोदी शाम को विक्टोरिया मेमोरियल में प्रदर्शनी देखेंगे वे एक स्थायी प्रदर्शनी और प्रोजैक्ट मैपिंग शो का उद्घाटन करेंगे इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक स्मारक सिक्के और डाक टिकट का भी विमोचन करेंगे

नेताजी पर आधारित सांस्कृति कार्यक्रम आमरा नूतोन जौबोनेरी दूत का आयोजन किया जाएगा आजाद हिंद फौज से जुड़े लोगों और स्वाधीनता सेनानियों को भी सम्माानित किया जायेगा इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के भी शामिल होने की संभावना है राज्य सरकार नेताजी के जन्मदिन को देश नायक दिवस के रूप में मना रही है मुख्य कार्यक्रम मध्य् कोलकाता के एस्लीने नेड इलाके में आयोजित होगा नॉर्थ कोलकाता से सेन्ट्रल कोलकाता एक रैली भी की जा रही है जिसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उनके कैबिनेट मंत्री सांसद और विधायक शामिल हो रहे हैं कोलकाता में आज अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों के कार्यक्रमों को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं कोलकाता पुलिस ने दो हजार से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया हैं ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है कृतज्ञ राष्ट्र आज महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मना रहा है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज साल भर चलने वाले समारोहों का कोलकाता में उद्घाटन करेंगे

वर्षभर के आयोजनों के लिए केन्द्रीय संस्कृति मंत्रालय ने कई गतिविधियों की योजना बनाई है शिक्षा मंत्रालय ने देश के पांच विश्वविद्यालयों में नेताजी से संबंधित पीठ स्थापित करने ऑनलाइन व्याख्यान और वेबिनार आयोजित करने की योजना तैयार की है सूचना और प्रसारण मंत्रालय का राष्ट्रीय फिल्मं विकास निगम नेताजी के स्वप्न को साकार करने संबंधी एक लघु फिल्म प्रतियोगिता का आयोजन करेगा दूरदर्शन और आकाशवाणी से भी नेताजी के जीवन और कालखंड पर चर्चाओं वृत्तचित्रों और अन्य कार्यक्रमों का प्रसारण होगा रेल मंत्रालय ने हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर नेताजी एक्स प्रेस कर दिया है महान स्वतंत्रता सेनानी बोस ने अंग्रेजों का शासन समाप्त करने के लिए स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देशवासियों को एकजुट करने में प्रेरक भूमिका निभाई नेताजी ने ही लोगों को मातृभूमि की रक्षा में बलिदान के लिए सदैव तैयार रहने के लिए तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आसाम के शिवसागर के जेरेंगा पाथर में आयोजित समारोह में भूमि हीनों को भूमि पट्टा का वितरण किया इस मौके पर उन्होंने कहा देश के समग्र विकास के लिए नार्थ इस्ट का विकास बहुत जरुरी है उनकी सरकार ने असम में इंफ़ास्टकचर डेवलप करने के लिए प्रतिबद्ध है उन्होंने असम सरकार के प्रयासों का भी उल्लेख किया है

राज्य सरकार ने राज्य के मूल निवासियों के हितों की रक्षा के लिए एक नई समग्र भूमि नीति बनाई है

राज्य भर में सैतालीस केंद्रों पर कल तीन हजार एक सौ तिरपन स्वास्थ्यकर्मियों को टीका दिया गया बुधवार की तुलना में कल बारह प्रतिशत अधिक टीकाकरण किया गया बोकारो में एक सौ तीस चतरा में एक सौ उन्नीस देवघर में एक सौ उनसठ धनबाद में इकसठ दुमका में अड़तालीस पूर्वी सिंहभूम में एक सौ छब्बीस गढ़वा में सतर गिरिडीह में एक सौ पैतीस गोड़डा में एक सौ पचपन ग़्मला में एक सौ नब्बे हजारीबाग में एक सौ पचास जामताड़ा में एक सौ खूंटी में नब्बे कोडरमा में बैरानबे लातेहार में एक सौ छब्बीस लोहरदगा में इकहतर पाकुड़ में अस्सी पलामू में एक सौ तिरानबे रामगढ़ में एक सौ अस्सी लोगों को कोरोना के टीके दिये गये वहीं रांची में तीन सौ चौदह साहेबगंज और सरायकेला में एक सौ बीस सिमडेगा में एक सौ पैतालीस और पश्चिमी सिंहभूम में एक सौ इक्कीस समेत कुल तीन हजार एक सौ तिरपन लोगों को टीका लगाया गया टीकाकरण के बाद गोड़डा और सिमडेगा में एक एक व्यक्ति ने साइड इफेक्ट की शिकायत की अब सोमवार से फिर से टीकाकरण अभियान शुरू होगा झारखंड में कोरोना संक्रमण के मामले घटने लगे हैं

मृतकों में रांची और पलामू जिले से एक एक मरीज शामिल है

इसके बाद राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर अब एक लाख अठारह हजार एक सौ चौवन हो गई है

जैसा कि आपको मालूम है कि राज्य में बीस हजार करोड़ से अधिक का चिटफंड घोटाला हुआ है झारखंड अगेस्ट करप्सन की याचिका की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में केंद्रीय जांच एजेंसी इस मामले की जांच कर रही है

इनमें महिलाओं की भागीदारी बैयालीस प्रतिशत रही ग्रामीण विकास सचिव आराधना पटनायक ने कल रांची में आयोजित प्रेसवार्ता में यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि मनरेगा के तहत स्थाई आजीविका प्रदान करने की दिशा में राज्य सरकार ने कोरोना काल खंड के बावजूद अब तक सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल की है